एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके उपरांत मुख्यमंत्री कुमारसैन में आईटी मवन का लोकर्पण करेंगे राज्य विज्ञान केन्द्र हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति और भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय विज्ञान मेला कल चम्बा ज़िला के भरमौर में आरम्भ हुआ

कांगड़ा जिला में पैराग्लाईडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग में कल से पैराग्लाईडिंग शुरू होने जा रही है हमारे कांगड़ा प्रतिनिधि ने बताया कि बीड़ बिलिंग में भारतीय सेना की इंटर सर्विस पैराग्लाईडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी

छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों को बाहर निकालने की मांग को लेकर कल कुलपति कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया

इस मौके पर इकाई सचिव अंकित चंदेल ने कहा कि जब तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते संगठन तब तक आंदोलन जारी रखेगा

कांगड़ा के डुगियारी और पुराना कांगड़ा स्कूल में यही है संकल्प हमारा नशामुक्त हिमाचल हमारा विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया इस मौके पर आईआरबी के सहायक समादेशक करण सिंह गुलेरिया ने कहा कि समाज से नशाखोरी की बुराई को तब तक जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक अभिभावक अपना सहयोग नहीं देंगे अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में आपदा से निपटने को स्पेशल फोर्स मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तीन कंपनियां स्थापित करने की घोषणा दैनिक जागरण मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है आपदा से खुद निपटेगा हिमाचल एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ की तीन कंपनियां स्थापित होंगी अजीत समाचार लिखता है सरकार राज्य आपदा प्रतिकिया बल की तीन कम्पनियां स्थापित करेगी अमर उजाला की सुर्खी है राशन की दुकानों में मिलेगी मिल्कफेड की मिठाई पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल ने बीबीबीएमबी से मांगा बकाया एरियर मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी के चेयरमैन से की मांग आपका फैसला की एक खबर है बड़ा मंगाल में भेड़ पालकों को बचाने के लिए आज दो दल संभालेंगे मोर्चा पूरी तैयारी के साथ आएं अधिकारी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है रोजगार सूजन की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की दो दूक निद्रा से जाग जाए अफसर

अखबार की एक अन्य खबर है नाइजीरियन ड्रग तस्करों पर केंद्र सरकार से होगी बात वीजा से पहले डोप टेस्ट करने की मांग करेगी राज्य सरकार

दैनिक जागरण की एक खबर है खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में बोली सायरा बानो दबाव बहुत था पर तीन तलाक की जंग लड़ी दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय साइबर ठग व जनता में लिखता है कि प्रदेश में आठ राज्यों के साइबर ठगों की सकियता का खुलासा चिंताजनक है इनसे निपटने के लिए पुलिस व लोगों को सतर्क व सजग होना होगा